प्रधानमंत्री ने कहा जल्दी ही नागरिकता संशोधन विधेयक लाकर बांग्लादेशी शरणार्थियों को दी जायेगी देश की नागरिकता मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश को कानून व्यवस्था की दृष्टि से देश का मॉडल स्टेट बनाने के लिये उठाये जा रहे है कई कदम प्रदेश में आंधी बारिश और ओलों का दौर जारी तेज आंधी के कारण जोधपुर में कल रात एक ही परिवार के तीन लोगों की मृत्यु लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के प्रचार में और तेजी आ गई है

विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक इस समय देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव सभाएं और रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जल्दी ही नागरिकता संशोधन विधेयक लाकर बंगलादेश के शरणार्थियों को देश की नागरिकता दी जायेगी लेकिन घुसपैठियों के लिये इस देश में कोई जगह नहीं है वे कल हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक जनसभा में बोल रहे थे उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने पंजाब के लुधियाना में कहा कि न्याय योजना से लोगों को रोजगार मिलेगा उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है याचिका में रमजान और भीषण गर्मी को देखते हुए लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में मतदान का समय सुबह साढ़े पांच बजे से शुरू करने की बात कही गई थी न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाश पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित है और मतदाता सुबह मतदान कर सकते हैं न्यायालय ने कहा कि मतदान का समय बढ़ाने से निर्वाचन आयोग को कई तरह की व्यवहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान को कानून व्यवस्था की दृष्टि से देश का मॉडल स्टेट बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे है उन्होंने कहा कि थानागाजी द्वष्कर्म मामले में सरकार ने अपने स्तर पर सभी जरूरी कदम उठाए हैं और अब इस मामले में राजनीति की जा रही है जयप्र में कल एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि थानों में फरियादियों को पूरा सम्मान मिले इसके लिए भी ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें सम्मान दिया जाएगा और जो गडबडी करेंगे उन्हें सजा भी दी जाएगी एक प्रश्न के जवाब में श्री गहलोत ने कहा कि बहजन समाज पार्टी के विधायकों का उनकी सरकार को समर्थन प्राप्त है और वो आगे भी जारी रहेगा पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश में पानी की समस्या से जुडे एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पानी की कमी है सरकार अपने स्तर पर कई तरह के प्रयास कर रही है लेकिन आम जनता को भी पानी की बचत कर अपना योगदान देना चाहिये इस बीच थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले के आरोपियों को कल अलवर की अनुसूचित जाति जनजाति मामलों की विशेष अदालत में पेश किया गया जहां अदालत ने उन्हें तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के निर्देश दिए इस मामले में भाजपा ने संभाग स्तर पर प्रदर्शन किए और संभागीय आयुक्तों को इस मामले में ज्ञापन दिए अजमेर में संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देने के बाद पूर्व मंत्री और भाजपा नेता कालीचरण सराफ ने कांग्रेस सरकार शासन में कानून व्यवस्था चौपट होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफे की मांग की उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर राजधानी जयपुर में पेयजल के प्रति अनदेखी करने का आरोप लगाया है पार्टी की जयपुर सचिव सुमित्रा चौपड़ा ने कल एक बयान जारी कर कहा कि यह शर्म की बात है कि पीने के पानी की समस्या को लेकर महिलाओं को इस भीषण गर्मी में प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग को स्वतः संज्ञान लेकर गर्मी शुरू होते ही इस संकट को दूर करना चाहिए उन्होंने मांग की कि समूचे शहर में पीने के पानी की समस्या का शीघ समाधान किया जाना चाहिए ताकि आम जनता की परेशानी दूर हो उन्होंने कहा कि इस पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो उनकी पार्टी आंदोलन करेगी

देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कम्प्यूटर जोधपुर आईआईटी में लगाया जाएगा आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर शांतनु चौधरी ने बताया कि इस संबंध में अमेरिका की एक कम्पनी के साथ समझौता किया गया है

हादसे में एक महिला और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गये जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया प्रतापगढ जिले के नई भरकुंडी में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया

हवलदार ने मोबाईल गुमशुदगी के मामले को रफादफा करने की एवज में दस हजार रूपये की रिश्वत मांगी थी सीकर के धोद में पुलिस ने कल एक यूवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है पुलिस ने इस व्यक्ति का पीछा कर उसके पास से अमरीका निर्मित पिस्तौल दो मैगजीन और सात कारतूस बरामद किये गिरफ्तार युवक ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह एक सरपंच की हत्या करना चाहता था उसने यह हथियार पचास हजार रुपए में उत्तर प्रदेश के झांसी से खरीदा था

प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी बारिश और ओलो का दौर कल भी जारी रहा तेज आंधी के कारण जोधपुर में कल रात एक हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है एक निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से ये हादसा हुआ वहीं जयपुर सहित कुछ स्थानों पर आज सुबह हल्की से मध्यम बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया टोंक चूरू नागौर सवाईमाधोपुर झालावाड और कई अन्य इलाकों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से निजात मिली सीकर में देर रात तक बारिश का दौर चला साथ में कई जगह ओले भी गिरे